कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से क्रायोजेनिक टैंकर सरकार ने देश भर में ऑक्सीजन आपूर्ति की मांग से निपटने के लिए प्रयास तेज किए दिए हैं

देश में ऑक्सीजन टैंकरों की कमी दूर करने के लिए इन्हें विभिन्न राज्यों को आवंटित कर दिया गया है ऑक्सीजन का परिवहन बढ़ाने के लिए यह क्रायोजेनिक आईएसओ कंटेनर आयात किये गये हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग से परामर्श के बाद इन्हें मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान दिल्ली और गुजरात के आपूर्तिकर्ता को आवंटित किया है ब्रिटेन से चिकित्सा सहायता की पहली खेप आज भारत पहुंची

अमरीका फ्रांस जर्मनी इजराइल और यूरोपीय संघ सहित कई राष्ट्रों ने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत को सहायता का वायदा किया है इन देशों ने कहा कि वे भारत को ऑक्सीजन नैदानिक परीक्षण वेंटिलेटर और सुरक्षा कवच उपलब्ध करायेंगे मुख्यमंत्री निरीक्षण मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में अक्सीजन उत्पादन में विद्युत आपूर्ति की समस्या को जल्द ही हल कर लिया जायेगा उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहत आवश्यकता है ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट कंपनियों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है उन्होंने आज देहरादून में सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ऑक्सीजन प्लांट के निरीक्षण के दौरान यह जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं होनी चाहिए इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा जाए इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन कंपनी में काम कर रहे हैं मजद्रों को भी उनके सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया इस बीच मुख्यमंत्री ने सेलाकुई मैं प्रस्तावित कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए

यह दिशा निर्देश संक्रमण के निवारक उपाय के साथ साथ घरों में ही पृथकवास में रह रहे मरीजों के उपचार के लिए हैं यह दिशा निर्देश और परामर्श आयुष मंत्रालय द्वारा गठित आयुष अनुसंधान और विकास कार्य दल के साथ अधिकार प्राप्त समिति के गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं आयुष मंत्रालय ने पिछले साल कोविड से बचाव और स्वस्थ रहने से संबंधित एक परामर्श जारी किया था इसी सिलसिले में मंत्रालय ने आयुषक्वाथ आयुर्वेद जैसी तैयार औषधि के उपयोग को भी बढ़ावा दिया है यह चार जड़ी बूटियों का एक सरल मिश्रण है

मौसम राज्य मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के उत्तरकाशी चमोली रूद्रप्रयाग बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश और ऊचाई वाले क्षेत्रों में बर्फवारी हो सकती है

ये निर्देश उन्होंने आज बीआरटी सीआरटी स्वास्थ विभाग अन्य सम्बन्धित नोडल अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिये उन्होंने कहा कि जिले में आने वाले सभी व्यक्तियों डाटा तैयार कर उसे ग्राम स्तर पर गठित निगरानी समिति को उपलब्ध कराया जाये

शाही स्नान हरिद्वार महाकुंभ के आखिरी शाही स्नान चौत्र पूर्णिमा पर आज श्रद्धालुओं ने हरकी पैड़ी पर मां में ड्बकी लगायी श्रद्दालुओं ने गंगा स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना और कोरोना महामारी के खात्मे के लिए प्रार्थना की आम श्रद्दालुओं के गंगा स्नान के बाद अखाड़ों के साधु संतों के शाही स्नान के लिए घाट खाली कराया गया सबसे पहले पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और आनंद अखाड़े के साधू संत प्रतीकात्मक शाही स्नान के लिए पहुंचे उसके बाद जूना अखाड़ा श्री अग्नि और आवाहन अखाड़े के साधु संतों ने ब्रह्मकुंड हरकी पैड़ी स्नान किया वहीं किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी अपने अखाड़े के संतों के साथ गंगा स्नान किया श्री महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के साधु संत भी स्नान के लिए ब्रह्मक्ंड हरकी पैड़ी पहुंचे उधर अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अणि अखाड़े अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अणि और श्री निर्वाणी अणि अखाडे के संत भी शाही स्नान किया इस अवसर पर मेलाधिकारी दीपक रावत आईजी संजय गुंज्याल और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरिगिरि ने साधू संतों का स्वागत किया महाकुंभ के दौरान सभी अखाड़ों के साधू संतों ने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए गंगा की पूजा अर्चना की और प्रतीकात्मक शाही स्नान करने के बाद वापस छावनी में लौट गये इस बारे में मेलाधिकारी दीपक रावत ने बताया